ये इस दिन अपना पदभार ग्रहण करेंगे वहीं ग्राम पंचायतों में उप संरपच का निर्वाचन चौबीस फरवरी को होगा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव की अधिसूचना के प्रकाशन प्रथम सम्मेलन और उप सरपंच के निर्वाचन के संबंध में चुनाव कार्यक्रम और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसके अनुसार महासमुंद को छोड़कर शेष सभी जिलों में ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच और पंचों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की अंतिम तिथि कल सात फरवरी है ग्यारह फरवरी को उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचों को सूचना दी जाएगी जबकि महासमुंद जिले में उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचों को सूचना जारी करने की अंतिम तिथि ग्यारह फरवरी है वहां उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचायत का सम्मेलन बीस फरवरी को होगा महासमुंद के बसना पिथौरा बागबाहरा और महासमुंद जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों का पहला सम्मेलन अट्ठाईस फरवरी को और सरायपाली जनपद में आगामी तीन मार्च को होगा कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह सूची जारी की है इसके अनुसार सरगुजा के पर्यवेक्षक कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव बनाए गए हैं वहीं रायपुर के लिए शिवकुमार डहरिया राजनांदगांव के लिए रविंद्र चौबे और बीजापुर के लिए कवासी लखमा को आब्जर्वर नियुक्त किया गया है पंचायत चुनाव आयोग राज्य के माओवाद प्रभावित इलाकों सहित अन्य क्षेत्रों में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफी जागरूक दिखे तीन चरणों में हुए इस चुनाव में करीब तिरासी प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें महिला और पुरूष मतदाताओं की भागीदारी लगभग बराबर रही राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि बस्तर संभाग के सात जिलों में करीब उनहत्तर प्रतिशत औसत मतदान हुआ जो पिछले चुनाव की तुलना में दस प्रतिशत अधिक है आयोग की ओर से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागव बोटर अभियान चलाया गया था साथ ही मतदान केन्द्रों में वोटर सेल्फी जोन भी बनाए गए थे

यह याचिका पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल और सतीश पांडेय ने दायर की थी गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बीते तीस जनवरी को समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित एनजीओ मामले में सीबीआई को सात दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था आरोप है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने समाज कल्याण विभाग के अधीन कागजी संस्था बनाकर कथित रूप से एक हजार करोड़ रूपये की अनियमितता की है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अपने भोपाल कार्यालय में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है धान खरीदी राज्य में हो रही आकस्मिक वर्षा के कारण जो किसान अपना धान नही बेच पाए हैं उन्हें धान बेचने के लिए फिर से टोकन जारी किया जाएगा इस सिलसिले में खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा है साथ ही असमय बारिश से धान को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं खाद्य सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों में नियमित भ्रमण कर धान के सुरक्षित रखरखाव ड्रेनेज और कैप कव्हर की व्यवस्था का निरीक्षण कर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी असमय बारिश से खरीदी केन्द्रों में रखे गए धान को सुरक्षित रखने समुचित उपाय करने के निर्देश दिए हैं इस बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कल सात फरवरी को धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बीते एक फरवरी को पेश किए गए बजट में बिलासपुर से कवर्धा और डोंगरगढ़ रेललाइन के लिए पांच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है साथ ही बिलासपुर से नागपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए भी राशि मंजूर की गई है मुख्यमंत्री कोयला मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से एमएमडीआर एक्ट के तहत मुख्य खनिजों की रायल्टी दरों को संशोधित करने का अनुरोध किया है इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि एमएमडीआर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षो में रायल्टी दरों में संशोधन किया जाना है लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिससे छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व की हानि हो रही है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कोयला खान मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए खनिज रायल्टी एक महत्वपूर्ण स्रोत है स्वास्थ्य मंत्री बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीमारियों के इलाज के लिए शासकीय योजनाओं के तहत क्लेम बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है श्री सिंहदेव ने कल रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि नागरिक राशन कार्ड का उपयोग कर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से गंभीर तथा जटिल बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं पोषण वाटिका कांकेर जिले के पंडरीपानी स्थित प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास स्थित पोषण वाटिका के जरिये न केवल जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि यह बच्चों में पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव लाने की दिशा में भी अनूठा प्रयास है कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर के मार्गदर्शन में तीन वर्ष पहले लगाई गई चारामा विकासखंड के पंडरीपानी स्थित पोषण वाटिका में विभिन्न साग सब्जियों का उत्पादन जैविक खाद से किया जा रहा है छात्रावास के अधीक्षक भीखम सिंह ध्रुवे ने बताया कि छुट्टी के दिन छात्रावास के बच्चों द्वारा पोषण वाटिका में एक घंटा श्रमदान किया जाता है इसके अलावा छात्रावास के कर्मचारी भी इसमें अपना योगदान देते हैं आईईडी बरामद कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने तीन किलो वजनी आईईडी बरामद करने में सफलता हासिल की है माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से यह आईईडी खल्लारी रोड पर लगाई हुई थी लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता से इसे बरामद कर लिया गया बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पश्चिमी विक्षोभ के असर से रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है बेमौसम बारिश होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है राज्य के अधिकतर इलाकों में पिछले अड़तालीस घंटे से रूक रूककर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र में ओले गिर सकते हैं

लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर के आयाम विषय पर बात होगी